मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के ढ़ाई वर्ष के कार्यकाल की गिनाई उपलब्धियॉ कहा काम के बदौलत जनता का जीता विश्वास प्रदेश के बारे में बदली लोगों की धारणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत अब लड़ाकू विमान निर्यात करने की स्थिति में प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार नहीं कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राम मंदिर पर विरोधामासी बयान देने वाले गैर जिम्मेदार लोगों से देश की न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा रखने का अनुरोध किया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस की महाजनादेश यात्रा के समापन पर कल नासिक में एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों को देश के संविधान और उच्चतम न्यायालय पर विश्वास रखना चाहिए देश के सभी नागरिकों का भारत की सुप्रीम कोर्टके प्रति सम्मान बहुत आवश्यक होता है जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो सबपक्ष अपनी बात रख रहे हों सुप्रीम कोर्ट लगातार समय निकाल करके बातों को सुन रही होतो मैं हैरान हूँ ये बयान बहादुर कहां से टपक गये क्यों पूरे मामले में अड़ंगे डाल रहे हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए हमारा वाबा साहबआम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसपर भरोसा होना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई पूरा करने के लिए देर तक न्यायालय की कार्रवाई चलाने के लिए सहमत हो गया है जम्मू कश्मीर में अनुछेद तीन सौ सत्तर हटाने का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमें नये कश्मीर को फिर से धरती का स्वर्ग बनाना है प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर के युवाओं के सपने और आकांक्षाए पूरी की जायेंगी जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान को समग्रतासे लागू करना सिर्फ एक सरकार का फैसला नही है एक सौ तीस करोड़ भारतीयों की इच्छाका प्रगटीकरण है यह फैसला जम्मू कस्मीर और लद्वाख के लोगों को हिंसा के आतंक केअलगाव के भ्रष्टाचार के कुचक्र से निकालने के लिए है यह फैसला जम्मू कश्मीर केलोगों की आकांक्षा उनके सपनों को पूर्ति का भी माध्यम बनने वाला है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की सुरक्षा केन्द्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं होता

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी मेदभाव के लागू कर रही है मुख्यमंत्री कल सरकार के तीस महीने पूरे होने पर अपनी उपलक्षियों के बारे में लखनऊ में पत्रकारों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि आज केन्द्र सरकार की कई योजनाओं को लागू करने में राज्य पहले स्थान पर आ गया है अब प्रदेश को दस खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने पर काम चल रहा है उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और उनकी सरकार के पिछले तीस महीनों में राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ और ब्यौरा हमारे संवाददाता से सरकार की उपलक्षियों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में आई तब किसानों की हालत बेहद खराब थी लेकिन पहले ही फैसले में उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया और उनकी आय को दोगुना करने के लिए कई कदम उठाए

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आधारभूत संरचनाओं में तेजी से विकास हो रहा है

आगामी वर्षों में इसमें बीस से पच्चीस हजार करोड़ रूपये से अधिकतम निवेस होने की सम्मावना है और भारी मात्रा में इसके माध्यम से नौकरी और रोजगार की सम्मावनायें हैं प्रदेश के अंदर बनेंगे इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जिस कार्य के लिये उत्तर प्रदेश काफी सम्वृद्ध था यहां पर सूक्म लघु और मध्यम उद्यम के लिये एमएसएमआई सेक्टर के लिये इसमें प्रदेश में वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट की अपनी योजना को भी प्रदेश के अन्दर लागू की जो देश की एक अलग ही यूनिक योजना थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिये कई योजनाएं लागू की हैं

बंद पड़े चीनी मिलों को चलाने की कार्यवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ती गई है और शुगर कन से सीधे एथनॉल बनाये जा सके इस कार्यवाई को भी पहली बार प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने अपनी मंजूरी दी है जो किसानों के जीवन में व्यापक खुशहाली का आधार बनेगा मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के चलते मस्तिष्क ज्वर से मौतों में कमी आई है

जिसमें स्वच्छ भारत मिशन की सर्वाधिक भूमिका रही है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया को लड़ाकू विमान निर्यात करने की स्थिति में पहुंच गया है रक्षामंत्री ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में कल बेंगलूरू से उड़ान भरी इस मौके पर उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने तेजस विमान खरीदने में रूचि दिखाई है आज तेजस की डिमांड दुनिया के दूसरे देशों सेभी हो रही है हमलोग अब इस स्थिति में भी पहुंच गये हैं कि दुनिया को भी हम फाइटर प्लेन्सऔर बहुत सारे आर्मस और एम्पूनिशन्स भी अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं

केन्द्र सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे परेशानी से जूझ रहे सूक्ष्म लघ् और मझोले उद्योगों के कर्ज को अगले वर्ष इक्कतीस मार्च तक डूबा हुआ कर्ज न मानें और इन कर्जों की शर्तो पर फिर से विचार करें कल नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि आम जनता को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां देश के चार सौ जिलों में इस महीने की चौबीस से उन्तीस तारीख तक और फिर दस से पन्द्रह अक्टूबर तक विशेष अभियान चलायेंगी केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है श्री जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश ने श्री मोदी के नेतृत्व में इस दिशा में कई उपाय किये हैं उन्होंने कहा कि विश्व न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में श्री मोदी को सुनने के लिए उत्सुक हैं

प्रदेश के विभिन्न भागों में रूक रूककर हो रही वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य में अधिकांश नदियां ऊफान पर हैं गंगा यमुना और बेतवा सहित अन्य नदियों के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ से हजारों एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब गई है और कई दर्जन गांव जलमग्न हो गये हैं लोग बाढ़ के कारण सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं प्रयागराज में नैनी और फाफामऊ तथा आसपास के द्वेत्रों में लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बाढ़ में फसे लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाने के लिये प्रशासन ने पचास से अधिक नावों को लगाया है कौशाम्बी जिले में भी बाढ़ की स्थिति गम्मीर बनी हुई है हमीरपुर में बेतवा और यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण तटवर्ती एक सौ पचास गांव को अलर्ट कर दिया गया है चित्रकूट में मऊ और राजापुर तहसीलों के सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है फसलों को काफी नुकसान हुआ है जालौन जनपद में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा राहत सामग्री वितरित की जा रही है